मुख्यमंत्री ने कहा कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा स्कूली बच्चों के लिये सरकार ने जारी किया ए टी एल एप्लिकेशन इसके जरिए युवा बना सकते हैं विभिन्न भाषाओं में अपने एप हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खेती में सिंचाई के लिये पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी

हालांकि इनमें से साढ़े बारह हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चूके हैं

इनमें से ढाई हजार से अधिक व्यक्ति कोरोना सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं

लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बँद रहेंगे हालांकि दूध पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नही होगा सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी

गृह मंत्री डॉ नरोत्तम भिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं लेकिन प्रदेश बढ़ रहे कोरोना संकमण को भांपते हुए रविवार को टोटल लॉकडाउन किया है अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए हमारी प्राथमिकता कोरोना पर नियंत्रण करने की है

आंगरमालवा जिले में कल टोटल लॉकडाउन रहेगा हमारे छिंदवाडा संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल संपर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान लोगों के आवश्यक कार्य के अलावा बाहर आने जाने पर प्रतिबंधित रहेगा

उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया

मंत्री विमाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल होगा ये बात उन्होंने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में कही श्री चौहान यहां कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे थे

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रीक्ट काइसेस मैनेजमेंट ग्रूप की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है वे आज सातवें एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

जिससे उत्पादन और काम घंधे प्रभावित हुए हैं लेकिन लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं

ए टी एल ऐप एक निःशुल्क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है

नीति आयोग के मुख्य् कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाघाएं आईं हैं जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निबटा जा रहा है उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है जनसंख्या दिवस आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेशभर में कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये

सीहोर जिले में आज से जनसंख्या स्थिरता माह शुरू हुआ चिन्हित नवदंपतियों को नई पहल किट का वितरण किया गया आगरमालवा शाजापुर सतना सहित विभिन्न जिलों से भी जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यकम आयोजित होने की खबर है

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है